विदेश मंत्रालय में सचिव ए गीतेश सरमा ने न्यूयार्क में संवाददाताओं को बताया कि बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को धन और हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि विश्व में कहीं भी ऐसे हमलों को आतंकी कार्रवाई माना जाना चाहिए

भारत और स्वीडन के साथ अर्जेन्टीना फिनलैण्ड फ्रांस जर्मनी आयरलैण्ड लग्जमबर्ग हॉलैण्ड दक्षिण कोरिया तथा ब्रिटेन और कंपनियों के एक समूह ने उद्योगों में इस तरह के बदलाव लाने के लिए एक नये नेतृत्व समूह की घोषणा की है

उन्होंने कहा कि देश ने स्वच्छता के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है और देश खुले में शौच से लगभग मुक्त होने वाला है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पोर्टल तीन महीने के अंदर सभी आधिकारिक भाषाओं जैसे हिंदी गुजराती तेलुगु और तमिल में काम करने लगेगा गृहमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर राज्यों में मौजूद लाइसेंस्ड एर्जेसियों के नम्बर भी उपलब्ध होंगे ताकि निजी सुरक्षा एजेंसियों की धोखाधड़ी के शिकार न हों

न्यायालय ने कहा कि न तो उच्चतम न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तय करने में सक्षम है और यह सरकार का काम है कि वह सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए उचित दिशा निर्देश लाए

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

दोनों केन्द्रीय मंत्री आज नई दिल्ली में अलग अलग संवाददाता सम्मेलन में प्याज की कीमतों को लेकर बनी स्थिति पर चर्चा कर रहे थे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि इस बार आलू और टमाटर का मूल्य नियंत्रण में है लेकिन बाढ़ और बरसात के कारण प्याज का मूल्य बढा हुआ है उन्होंने कहा कि राज्यों को सस्ते मूल्य पर प्याज उपलब्ध करवाया जा रहा है

साथ ही सरकार द्वारा अब सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत कॉपरेटिव सोसाइटियों पर भी षिकंजा कसा जा रहा है कॉपरेटिव रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने आकाशवाणी को बताया कि जिस तरह कुछ सोसाइटियों द्वारा लोगों के साथ ठगी की गई है ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए सभी कॉपरेटिव सोसाइटियों की जांच की जा रही है

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद में चिकित्सा मंत्री ने यह निर्देष दिये उन्होंने सप्ताह में एक दिन घर में मच्छर पनपने वाली जगहों की सफाई करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने को भी कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उच्च षिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी तकनीकी षिक्षा मंत्री डॉ सुभाष गर्ग भी उपस्थित रहे

इसकी शुरुआत अजमेर जिले के केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय से की जायेगी इस नयी प्रणाली के तहत मरीज घर से ही सरकारी अस्पताल में पंजीयन करा सकेंगे इससे उन्हें लम्बी कतार में लगने से निजात मिलेगी वहीं मरीज की बीमारी का रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होगी

श्री नाइक ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कम समय में मंत्रालय ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं

इस स्कवॉड में शामिल नीली वर्दी पहने प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी जयपुर शहर के स्कूल कॉलेज तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं विशेषकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीएसआर के तहत इस तरह के प्रयास से प्रदेश में महिला सुरक्षा के प्रति एक अच्छा मैसेज जाएगा

श्रीगंगानगर जिले में मान्यताप्राप्त निजी विद्यालय संचालकों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया

पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर एक यात्री की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई

राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई भागों में भूकंप के झटके आने की खबर है

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पूरे सप्ताह बारिश का दौर जारी रहेगा लेकिन भारी बारिश की संभावना अब कम हो गयी है मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने आकाशवाणी को बताया कि अजमेर उदयपुर कोटा और भरतपुर संभाग में इस सप्ताह मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है

सिरोही जिले में माउंटआबू सहित अनेक स्थानों पर आज बारिश हुई बारिश के बाद माउंटआबू में झरने बहने लगे और नक्की झील पर एक बार फिर चादर चलने लगी है

राज्य के बांसवाड़ा में एक घंटे तक झमाझम बरसात हुई